कोरोना संकमण को लेकर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक रहेंगे बंद राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों को केवल शैक्षणिक शुल्क लेने का दिया निर्देश

राज्य में कोरोना से अबतक एक हजार पांच सौ पचहत्तर संकभित स्वस्थ हुए

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी है ये परीक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई के बीच आयोजित होने वालीं थी सीबीएसई और केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी

सॉलिसिटर जनरल तूषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पिछली परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक योजना बनायी गयी है शीर्ष अदालत को यह भी बताया गया कि बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए बाद में आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने या पिछले प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ जाने की स्वतंत्रता होगी

इधर आइसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षा स्थगित रखने का फैसला लिया है आइसीएसई बोर्ड पिछली परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन कर परिणाम जारी करेगी

राज्य सरकार ने धनबाद में विश्व बैंक की मदद से बन रही झारखंड की पहली आठ लेन के सड़क निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है सरकार की ओर से जारी पत्र में निर्माण पर रोक के लिए कोरोना महामारी में फंड की कमी का कारण बताया गया है यह सड़क चार सौ सोलह करोड़ रूपये की लागत से बनायी जा रही थी हालांकि धनबाद के पूर्व भेयर चंद्र शेखर अग्रवाल ने इस सड़क को धनबाद का फ्यूचर लाइफ लाइन बताते हुए सरकार से सड़क को पूरा कराने का आग्रह किया है केन्द्र सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी वहीं स्कूलों के पूर्ववत संचालन शुरू होने तक केवल मार्सिक शुल्क लेने का निर्देश दिया गया है

साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्भियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी

राज्य में कोरोना संकमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है

कल कुल अठारह मरीजों की पुष्टि हुई कल मिले नए संक्रमितों में धनबाद के पांच हजारीबाग के चार पूर्वी सिंहभूम तथा खूंटी में दो दो रांची लोहरदगा देवघर पलामू और सरायकेला खरसावां में एक एक नए मरीज मिले इधर आज रिम्स में एक और संक्रमित की मौत हो गयी इससे राज्य में कुल मौत का आंकड़ा तेरह हो गया है

पेट्रोलियम पदार्थो की मूल्यवृद्धि के विरोध में आज विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मूल्य वृद्धि से आम लोगों पर अतिरिक्ति बोझ पड़ा है वहीं भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने इस मामले में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थो की मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कारणों से करती है

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

पलामू जिले के जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना भवन में प्रथम कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें रीयलिस्टिक पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां लगाई हैं जिसमें चित्रकारी वुड ड्राफ्टिंग तथा ंडोकरा आर्ट भी शामिल है

प्रथम कला प्रदर्शनी में भाग ले रहे एसएम जमाल नैयर ने बताया कि कला के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगायी गयी कला प्रदर्शनी कलाकारों के लिए प्रोत्साहन का काम कर रही है

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी कल शहीदों के नाम सलाम दिवस मनायेगी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शहीद स्मारक और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा के समक्ष गालवान घाटी में शहीद बहाद्र सैनिकों को दीप जलाकर श्रद्वांजलि देंगे यह जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने आज संवाददाता सम्मेलन में दी

सिदो मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध हत्या की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से आज सांकेतिक रूप से अपने अपने घरों में एक दिवसीय अनशन कार्यक्रम किया गया

खूंटी में बीती रात चार अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से पत्थलगडी समर्थक एक व्यक्ति की हत्या कर दी वह दो अन्य लोगों के साथ साकेटोली से लौट रहा था

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानने और उसके निपटारे के लिए शीघ्र एक टोल फ्री नंबर जारी किया जायेगा

उन्होंने कहा कि बरहडवा नगर पंचायत की बंदोबस्ती से उनका कोई लेना देना नहीं है

संक्षिप्त खबरें रामगढ़ के गोला थाना में आज जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध कोयला से लदे करीब आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के बावन पदों पर नियुक्ति और पदस्थापन की स्वीकृति दे दी है